विधानसभा में बजट चर्चा में विपक्ष ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की

भाजपा प्रत्याशी इंदु गोस्वामी ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन प्रश्नकाल प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने के लिए आय सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि इस संबंध में लोगों की काफी मांग आ रही है ऐसे में सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी

उन्होंने कहा कि सरकार का फिलहाल इस सीमा को बढ़ाने का विचार नहीं है विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी इस संबंध में प्रतिपूरक सवाल किया विधायक लखविंद्र राणा और परमजीत पम्मी के एक संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने पिंजौर बद्दी नालागढ़ फोर लेन सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण पर आने वाले खर्च को वहन करने से इनकार कर दिया है

स्कूलों के समायोजन को लेकर विधायक रमेश धवाला के एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार अब शिक्षा में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रही है

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया है उन्होंने कहा कि क्लस्टर स्कूल बनाने पर सरकार विचार कर रही है

वहीं सत्तापक्ष के सदस्यों ने प्रदेश की खस्ता वित्तीय हालत के लिए पूर्व कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया कांग्रेस के हर्षवर्धन चौहान ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में कुछ विशेष नहीं है और कर्ज के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की गई है उन्होंने इस बजट को दिशाहीन करार दिया भाजपा के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लगातार तीसरी बार टैक्स फ्री बजट पेश किया है और हर वर्ग का ध्यान रखा है उन्होंने शिमला जिले के जरोल टिक्कर गुम्मा और रोहडू में स्थित सीए स्टोर की क्षमता बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया बजट चर्चा में भाग लेते हए उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने सेवा विस्तार और पुनः रोजगार देने का काम किया और यह कांग्रेस सरकार का हिडन ऐजेंडा था उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के समय में वाशिंग मशीनों के आवंटन में बड़े स्तर और गड़बड़ी हुई विधायक नरेन्द्र ठाकुर अरूण कुमार और धनीराम शांडिल ने भी चर्चा में हिस्सा लिया

वन मंत्री गोविंद ठाक्र ने आज विधानसभा में एक विशेष व्यक्तव्य के माध्यम से ये जानकारी दी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में एक विशेष व्यक्तव्य में ये जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों विधायकों प्रदेश के सांसदों और सभी राजपत्रित व पहली से तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों से अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का अनुरोध किया ताकि गरीब व जरूरतमंदों की सहायता की जा सके नामांकन भाजपा प्रत्याशी इंदु गोस्वामी ने आज विधानसभा परिसर में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज सहित मंत्रिमण्डल के सदस्य और भाजपा विधायक मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने भाजपा नेतृत्व द्वारा इंदु गोस्वामी को इस कार्यभार के लिए चुने जाने पर बधाई दी उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण में मील पत्थर साबित होगा मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इंदु गोस्वामी राज्यसभा में प्रदेश के विकासात्मक मुद्दों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगी कोरोना जागरूकता कोरोना वायरस को रोकने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं इसी के तहत आज सोलन में चिकित्सकों व अधिकारियों को जागरूक करने के उददेश्य से एक शिविर लगाया गया ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर एनके गुप्ता ने कोरोना वायरस के बारे चिकित्सकों व अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी

न्यायालय ने विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार अनुपमा ठाकुर की जमानत याचिका रद्द कर दी है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है

मौसम प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में आज भी रूक रूक कर हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि हुई है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है हिमपात से जिले की सभी अंदरूनी सड़कों पर यातायात अवरूद्व है और दूरसंचार व विद्युत आपूर्ति बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उपायुक्त स्मृतिका नेगी ने हिमखण्ड गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है किन्नौर जिले के उपरी क्षेत्रों में भी रूक रूक कर बर्फबारी का क्रम जारी है और बारंग गांव में ग्लेशियर आने से सम्पर्क मार्ग अवरूद्ध हो गया है

भूस्खलन से जिले के अनेक स्थानों पर सड़कें भी अवरूद्व हैं इधर शिमला जिले के रामपुर उपमण्डल की सरपारा पंचायत के कंधार और खुडना गांव में तेज आंधी तूफान से करीब एक दर्जन कच्चे घरों की छतें उड़ गई हैं प्रदेश के निचले क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ वर्षा व ओलावृष्टि से गेंहूं की फसल को नुकसान हुआ है